उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने तालाबंदी को आगे बढ़ाने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि देश सख्त फैसले लेने के लिए मजबृतर है और चौक्सी भी जारी रहनी चाहिए प्रधानमंत्री संसद मे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि इस बदले हालात मे साथ साथ देश को अपने काम करने के तौर तरीके में बदलाव भी लाना चाहिए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर व्यक्ति के जीवन को बचाना है

श्री मोदी ने महामारी खिलाफ लड़ाई में केन्द्र के साथ मिलकर काम करने के लिए राज्य सरकारों की प्रंशासा भी की उन्होंने कहा कि देश ने इस लड़ाई में एकज्टता दिखाने के लिए विभिन्न राजनीतिक वर्गो दवारा साथ आकर सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति को देखा है प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक द्वारा सामजिक दूरी जनता कर्फ्यू और तालाबंदी का पालन समर्पण और निष्ठा से करने के लिए सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो अब तक इस वायरस के प्रसार की गति को नियंत्रित करने में सफल रहे है उन्होंने चेतावनी देते हये कहा कि स्थिति लगातार बदल रही है इसलिये सावधान रहने की जरूरत है इस बातचीत में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री दवारा सयम पर उठाये गये कदमों की प्रंशसा करते हये कहा कि संकट की घड़ी में सारा देश उनके साथ एकजुट खड़ा है उन्होंने भूख और भोजन की कमी की च्नौतियों राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मदद देने की जरूरत जांच सुविधाओं में वृदवि करने और स्वास्थ्य संभाल कर्मियों का हौंसला बनाये रखने बारे में भी चर्चा की

उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों के लिए विशेष स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल कायम किये जा रहे है उन्होंने बताया कि देश में हाइड्रोक्लोरो क्वीन दवा के भंडार मौजूद है केन्द्रीय ग़ह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्व ने कहा कि पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिए एक हजार से छ हजार तक की नकद राहत की घोषणा की गई है इसके तहत अबतक दो करोड़ निर्माण कामगारों को तीन हजार करोड़ रूपये दिये जा चुके है

केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने राज्यों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए उचित मूल्य पर आवश्यक वस्त्ओं की उपलब्धता स्निश्चित करने के निर्देश दिये है म्ख्य सचिवों को लिखे एक पत्रमें गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों से जमाखोरी कालाबाज़ारी म्नाफाखोरी और सट्टे जैसे अपराधों से सख्ती से निपटने को कहा है

श्री भल्ला ने राज्यों का भंडारण सीमा तय करने अधिकतम मूल्य निर्धारण उत्पादन बढ़ाने डीलरों के खातों का निरीक्षण और इस तरह के अन्य कार्यो को जल्द से जल्द और नियमित अंतराल के बाद करने पर ज़ोर दिया है ताकि आवश्यक वस्त्ओं के उत्पादन और आपूर्ति को स्निश्चित किया जा सके उन्होंने कहा कि इसका अन्पालन न करने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा क्योंकि इसे आवश्यक वसत् अधिनियम के तहत फौजदारी अपराध माना जाता है और इस अपराध में सात साल की सज़ा भी हो सकती है

इसलिऐ स्कूल ख्लने तक विद्यार्थियों को घर पर ही रहकर अपने अभिभावकों की मदद से और फोन व वाट्स एप्प के माध्यम से अध्यापकों की सहायता से पढ़ाई करनी होगी शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रतिवर्ष नये शैक्षणिक सूत्रो का आरंभ एक अप्रैल् से होता है लेकिन इस साल कोरोना की महामारी के कारण चल रही तालाबंदी के कारण यह सत्र अभी तक श्रू नहीं किया जा सका है

म्ख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से ब्रथ स्तर पर सामाजिक सौहार्द बनाकर एकज्टता से कार्यकरने और प्रत्येक हरियाणवी को भोजन की आपूति स्निश्चित करने की अपील की

म्ख्य चिक्तिसा अधिकारी जे एस प्निया ने बताया कि गांव पर पूरी निगरानी रखी जा रही है उधर सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज दो व्यक्तियों को कोरोना वायरस के संक्रमण बारे जांच रिपोर्ट नेगीटिव आई है इनमें आठ तबलीगी जमाती भी शामिल है

फरीदाबाद में आज तबलीगी जमाती संक्रमित पायागया है जिला नोडल अधिकारी डा रामभगत ने बताया कि ये जमाती बढखल स्थित मस्जिद के नज़दीक मिला है उन्होंने बताया कि जिले मे दो मरीज़ो को स्वस्थ होने के बाद छ्ट्टी दे दी गई है

यह राशि मज़दूरी और सामग्री घटक दोनो के लिए है एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि अब तक की बकाया मज़दूरी राशि मनरेगा श्रमिकों के खातों में जमा कर दी गई है और सामग्री घटक की राशि भी जल्द दे दी जायेगी